प्रदेश में भी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

श्री मोदी ने नौ सूत्रीय कार्यसूची प्रस्तुत करते हुए कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों के दुष्चक्र से पूरी तरह कुशलता से निपटने के लिए सशक्त और सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के सीमापार से संगठित अपराध रोकथाम संधि को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के वास्ते सदस्य देशों से मिलकर प्रयास करते हुए एक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया

पुर्नमतदान अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र मौहरी में आज पुनर्मतदान किया जायेगा

कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की थी मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिये नायब तहसीलदार नीलेश सिंह सेक्टर मजिस्ट्रेट और उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ वीपी एस चौहान सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं कलेक्टर ने मौहरी के मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है ईवीएम सुरक्षा प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अब स्ट्रांगरूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं

इसके साथ ही दूसरा घेरा विशेष सशस्त्र बल द्वारा संपादित किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था मतगणना पूर्ण होने तक यथावत रहेगी श्री राव ने बताया कि स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक सिस्टम है जिसकी एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास है उन्होंने बताया कि स्ट्रांगरूम की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए प्रत्याशी अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर सकते हैं उन्हें आंतरिक परिधि से बाहर रहने की अनुमति दी गई है जहां से वे स्ट्रांगरूम के प्रवेश द्वार को देख सकते हैं अगर स्ट्रांगरूम का प्रवेश द्वार सीधे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी हालत में एक स्क्रीन के जरिए निगरानी कर सकते हैं गौरतलब है कि कांग्रेस ने भोपाल के स्ट्रांगरूम परिसर में सीसीटीवी कैमरें डेढ़ घंटे तक बंद रहने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने आयोग को पत्र लिखकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना होने तक कैमरे चालू रखने के निर्देश देने की मांग की है

एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है एचआईवी रोग से पीड़ित मरीजों को ईलाज के लिए प्रेरित करने और लोगों को इस रोक से बचने के तरीकों से अवगत कराने के लिए हर वर्ष एक दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं उज्जैन में जन जागृति के लिये रैली निकाली जायेगी

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी विश्व एड्स दिवस के मौके पर जनजाग्रति रैली का आयोजन किया गया है ये रैली जिला अस्पताल परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए वापस जिला अस्पताल पर समाप्त होगी इसके अलावा शहर में आज से एड्स जागरूकता सप्ताह भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें परिचर्चा पोस्टर प्रतियोगिता और तकनीकी सत्रों के जरिए लोगों को एड्स के खिलाफ जागरूक किया जायेगा

साथ ही सशस्त्र सेना झण्डा दिवस समर्पण अभियान भी चलाया जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के शहीद जवानों की शहादत को याद करना और सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धनराशि एकत्र करना हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यशवंत कुमार सिंह ने शासकीय अशासकीय संस्थानों नागरिकों और छात्र छात्राओं से इस वर्ष भी सशस्त्र सेना झण्डा निधि में अधिक से अधिक योगदान देने की अपील की है

आरोपी इन कछ्ओं को कोलकाता के रास्ते से लाकर मुम्बई ले जा रहे थे ये कछुए आकार में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कछुए हैं

जब्त कछुओं को सुरक्षा की दृष्टि से वन विहार में रखा गया है पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अफ्रीकी देश चाड सुडान बुर्किनाफासो नाइजीरिया सेनिगल इथोपिया आदि देशों में मिलने वाले इन कछुओं की तस्करी बांग्लादेश के रास्ते भारत तक की जाती है

मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की उपस्थिति में होने वाले कार्यक्रम में भोपाल गैस त्रासदी के दिवंगतों को श्रद्वांजलि देने के साथ विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये पाठ किया जायेगा

भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को शुन्य पांच से पराजित कर अच्छी शुरूआत की थी आज पूल सी में उसका अगला मैच शाम सात बजे बेल्जियम से होगा वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पूल बी के मैच में आयरलैंड को दो एक से पराजित किया